सूर्य प्रकाश उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र की आधारशिला है और इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है नई दिल्ली में आज भारतीय जनसंचार संस्थान में प्रथम अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक व्याख्यान में उन्होंने कहा कि स्वतंत्र मीडिया वास्तव में लोकतंत्र को बनाये रखने में एक बड़ी भूमिका निभाता है वेकैंया नायडू ने पेड न्यूज के खतरे पर भी चिंता व्यक्त की कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉ ए सूर्य प्रकाश ने कहा कि मीडिया के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वो पारदर्शी और निष्पक्ष हो अनुराग हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कार्यकर्त्ताओं से लोकसभा चुनाव के लिए एकजुटता से कार्य करने का आह्वान किया है ज़िला भाजपा मंडल द्वारा हमीरपुर में आयोजित त्रिदेव सम्मेलन में आज कार्यकर्त्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का चहुंमुखी विकास हुआ है और केंद्र सरकार का वर्तमान कार्यकाल उपब्धियों भरा रहा है अनुराग ठाकुर ने कहा कि स्थानीय लोगों के हितों से जुड़े मुद्दों को उन्होंने संसद में बढ़ चढ़ कर उठाया और क्षेत्र का विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है सम्मेलन में विधायक नरेंद्र ठाकुर सहित पार्टी के जिला व प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चों व प्रकोष्ठों के प्रमुखों ने भी भाग लिया जागरूकता सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा व निर्वाचन सहभागिता अभियान स्वीप के तहत युवाओं को मतदान के महत्व की जानकारी देने के लिए सिरमौर जिले के श्री गुरु गोविंद सिंह डिग्री कॉलेज पांवटा में आज विशेष जागरूकता शिविर लगाया गया इस दौरान प्रदेश प्रशासनिक सेवा के परीवीक्षाधीन अधिकारी मेजर शशांक गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र में इस पर्व में युवाओं को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए उन्होंने युवाओं को मतदाता पंजीकरण प्रपत्र वितरित किए और उनसे मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज करवाने का आग्रह किया उधर ऊना जिला निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इसी कड़ी में आज राजकीय उच्च पाठशाला भड़ौलियां कलां में स्वीप कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया गया

कांगड़ा के जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार ने बताया है कि शैक्षणिक संस्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर भी चुनावी रैलियों के लिए अनुमति लेना जरूरी है उन्होंने कहा कि रैलियों की वीडियोग्राफी का भी प्रावधान किया गया है ताकि इन पर होने वाले खर्च का अनुमान लगाया जा सके

उन्होंने कहा कि निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव संपन्न करवाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे इधर सोलन के ज़िला निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार ने ज़िले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में सहायक निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है

बधाई होली राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को होली उत्सव की श्भकामनाएं दी हैं आचार्य देवव्रत ने अपने बधाई संदेश में कहा कि होली उत्सव देश की विविध संस्कृति का परिचायक है और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है उन्होंने उम्मीद जताई कि ये त्यौहार आपसी भाईचारे की भावना को सुदृढ़ करेगा जयराम ठाकुर ने कहा कि होली उत्सव से सामाजिक सौहार्द की भावना मजबूत होती है मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि ये उत्सव प्रदेश के लोगों के जीवन में नया उत्साह और खुशहाली लेकर आएगा सांसद अनुराग ठाकर ने लोगों को होली की शुभकामनाएं देते हए सबके अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना की है वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी प्रदेशवासियों को होली उत्सव की बधाई दी है ज्ञापन जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की गोंदला और खंगसर पंचायतों में लोग सड़क और संचार जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव के चलते परेशान हैं ग्रामीणों ने आज केलंग में विरोध प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा जिला परिषद अध्यक्ष शशि किरण और गोंदला पंचायत के उपप्रधान सूरज ठाकुर ने बताया कि जिला प्रशासन इलाके की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है